इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण होगा और मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री प्रीणी में एक बटा बेटी के नाम योजना का भी शुभारंभ करेंगे जयराम ठाकुर मनाली में अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ शहरी निकायों को सम्मानित भी करेंगे प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर सभी सुविधाओं का विस्तार कर रही है कुल्लू जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फोजल के वार्षिक समारोह में कहा कि यातायात नियमों का पालन कर द्र्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है गोविंद ठाक्र ने सभी से प्रद्षण पर रोक लगाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह भी किया

केन्द्र सरकार ने कुल्लू दशहरा के नजारे को झांकी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि चंबा में चुराह के मसरुंड में डिग्री कॉलेज खुलवाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं हंसराज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसरुंड के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे

आज क्रिसमस धार्मिक उत्साह व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है इस मौके पर प्रदेशभर के गिरिजाघरों को विशेष रूप से सजाया गया है मध्यरात्रि से ही विशेष प्रार्थना सभाएं चल रही हैं क्रिसमस को लेकर सभी आयु वर्ग विशेषकर इसाई समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है अखबारों की सुर्खियों आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है अब अटल टनल होगा रोहतांग सुरंग का नाम मोदी मंत्रिमंडल में लिया गया फैसला दैनिक जागरण की सुर्खी है रोहतांग सुरंग को मिलेगा अटल का नाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार का आभार जताया पंजाब केसरी के शब्द हैं अटल टनल नाम से जानी जाएगी अब रोहतांग सुरंग दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है केन्द्र सरकार ने अटल जी को समर्पित की रोहतांग सुरंग दिव्य हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर के हवाले से लिखता है सरकार की नाकामियों का दस्तावेज लाएगी कांग्रेस आरोप पत्र की परंपरा से किनारा कल बताएंगे सरकार ने कौन से वादे नहीं किए पूरे

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है फोरलेन बनाने आए थे पैचवर्क में उलझ गए मटौर शिमला मार्ग पर अजीब स्थिति में उलझी एनएचएआई राजपथ से भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करेगा पूरा देश शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है सात साल बाद गणतंत्र दिवस परेड में हिमाचल

आपका फैसला की एक खबर है